कृषि समिति केन्द्र ने भारतीय कृषि में बदलाव के लिए कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों की उच्च अधिकार युक्त समिति का गठन किया है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस इस समिति के संयोजक होंगे जबकि मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश कर्नाटक हरियाणा अरूणाचल प्रदेश गुजरात के मुख्य मंत्रियों को सदस्य के रूप में शामिल किया गया हैं केन्द्रीय कृषि ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री भी इस समिति के सदस्य होंगे इसके अलावा नीति आयोग के सदस्य रमेश चन्दल को सदस्य सचिव बनाया गया है समिति कृषि में बदलाव और किसानों को आय बढ़ाने के लिए विभिन्न उपायों पर चर्चा करेगी यह समिति नये मानकों को लागू करने और कृषि क्षेत्र में सुधारों को समयबद्व ढंग से लागू करने का सुझाव देगी समिति को दो महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया है कृषि विपणन और मूलभूत संरचना में निजी क्षेत्र को आकर्षित करने के लिए आवश्यक उपभोक्ता अधिनियम में परिवर्तन करने के लिए समिति से सुझाव भी मांगे गये हैं मोदी आभार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जम्मू कश्मीर से संबंधित दो महत्वपूर्ण विधेयक संसद में पारित कराने के लिए सभी राजनीतिक दलों का आभार व्यक्त किया है प्रधानमंत्री ने कई टवीट संदेशों में कहा कि ये विधेयक सभी दलों के सदस्यों की स्वस्थ बहस के बाद सर्वसम्मति से पारित किए गये उन्होंने कहा कि संसद में दोनों पक्षों का ऐसा सहयोग समर्थन उत्साहजनक है प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक से कदुआ सांबा और जम्मू जिलों के सीमावर्ती क्षेत्रों में रह रहे लोगों के लिए न्याय सुनिश्चित होगा उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों के प्रतिभाशाली युवाओं की आकांक्षाएं पूरी होंगी जो राज्य और राष्ट्र दोनों के हित में होगा प्रधानमंत्री ने संसद में केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संबोधन को व्यापक सूझबूझ भरा बताया

वनमंत्री उमंग सिंगार ने विभाग के अपर मुख्य सचिव को भेजे निर्देश में सभी वन मंडलों के लिए अलग अलग जांच दल गठित कर सात दिन में रिपोर्ट देने को कहा है गौरतलब है कि वनमंत्री ने बैतूल वनमंडल के तहत रोपे गये पौधों का मौके पर मुआयना किया था

इसके बाद वनमंत्री ने जांच के निर्देश दिये हैं

उन्होंने कहा कि पौधा रोपण के लिये नजदीकी पौध केन्द्र से पौधे प्राप्त कर सकते हैं

श्री सिंघार ने वन महोत्सव के सफल आयोजन के लिये शुभकामनाएँ प्रेषित करते हुए बताया कि वनों और प्रकृति के प्रति जन जागृति के उद्देश्य से यह महोत्सव प्रति वर्ष मनाया जाता है

यह यात्रा पन्द्रह अगस्त को रक्षा बंधन के साथ ही समाप्त हो जाएगी अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के अधिकारियों ने आकाश्वाणी को बताया कि पवित्र गुफा के लिए छह हजार आठ सौ चौरासी यात्री बालताल से और तीन हजार से अधिक श्रद्वालु पहलगाम के रास्ते कल रवाना हुए उन्होंने कहा कि कल शाम तक आठ हजार चार सौ से अधिक श्रद्वालुओं ने पवित्र गुफा परिसर में दर्शन पूजन किया

ट्रेनों की झलक नाम की यह सारिणी कल से लागू होगी

सभी आवेदकों को ॅलॉटरी में आवंटित स्कूलों की जानकारी उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस द्वारा भेजी जा रही है

भाजपा युवा मोर्चा बैठक भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष पाण्डे ने बताया कि मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारियों प्रकल्पों एवं आयामों के प्रमुखों की बैठक आज पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित की गयी है बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री एवं सदस्यता अभियान के राष्ट्रीय प्रभारी शिवराजसिंह चौहान प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत उपस्थित रहेंगे पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चा की बैठक भी आज होने वाली है

इस योजना के तहत भारत सरकार किसानों को सोइल कार्ड जारी करती है जिससे किसान को मिट्टी की गुणवत्ता का पता चल सके और उसकी फसल उत्तम क्वालिटी की हो

मैच भारतीय समयानुसार दिन के तीन बजे शुरू होगा जिसका आंखो देखा हाल आकाशवाणी से प्रसारित किया जाएगा अगर आज भारतीय टीम जीतती है तो वो सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी

उमरिया जिले के चंदिया तहसील कार्यालय प्रांगण में कल जन चौपाल का आयोजन किया गया

उनके पास से सट्टा पर्ची मोबाइल और नकदी बरामद की गई है